प्रदेश के विभिन्न भागों में डेंगू का प्रकोप बढ़ा

आयकर विभाग राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके परिजनों की एक सौ अठाईस करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की सम्पत्ति जब्त करेगा यह कार्रवाई मनीलॉड्रिंग एक्ट के तहत होगी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये सम्पत्तियाँ फर्जी कम्पनियों के माध्यम से लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुये अर्जित की गयी थीं बाद में हेरा फेरी कर इन सम्पत्तियों को राबड़ी देवी उनके बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव बेटी मीसा भारती चंदा और रागिनी के साथ साथ दामाद शैलेश कुमार के नाम से स्थानांतरित कर दिये गये थे इन सम्पत्तियों में पटना में निर्माणाधीन एक मॉल दिल्ली में आलीशान घर और दिल्ली एयर पोर्ट के पास ढ़ाई एकड़ में फैला फॉर्म हाउस शामिल है प्रवर्तन निदेशालय ने समस्तीपुर के कुख्यात अपराधी अशोक यादव की लगभग दस करोड़ रूपये मूल्य की सम्पत्ति जब्त की है ईडी ने जिले के रोसड़ा सहियारबुर्ज हसनपुर और बिथान में कई भू खण्डों को जब्त किया है ये कार्रवाई मनीलॉड्रिंग एक्ट के तहत की गयी है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अशोक यादव की कई और सम्पत्तियों को जब्त करने की तैयारी चल रही है केन्द्रीय जल संसाधन और गंगा पुनरूद्वार मंत्री नितिन गडकरी ने नमामि गंगे के तहत प्रदेश में चल रही सभी नौ परियोजनाओं को अगले साल मार्च महीने तक पूरा करने का निर्देश दिया है नई दिल्ली में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में श्री गडकरी ने प्रदेश के नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा और विभागीय अधिकारियों से काम में तेजी लाने को कहा श्री गडकरी ने कहा कि नमामि गंगे की किसी परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग या अन्य सड़कों से उत्पन्न बाधा का हल निकाल लिया जायेगा इस संबंध में उन्होंने पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव से भी बात की व्यावसायिक बैंकों की तरह ग्रामीण बैंकों के कर्मियों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है इससे देशभर के ग्रामीण बैंकों के सेवानिवृत कर्मियों के साथ ही राज्य के लगभग पैंतीस सौ सेवानिवृत और छिहत्तर सौ कार्यरत कर्मियों को आर्थिक लाभ होगा पेंशन का लाभ एक अप्रैल उन्नीस सौ सत्तासी के बाद सेवानिवृत बैंक कर्मियों को मिलेगा राज्य सरकार ने पांच सड़कों के लिए दो हजार तीन सौ चौहत्तर करोड़ रूपये की मंजूरी दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला किया गया इस राशि से राज्य उच्च पथ संख्या तेरासी छियासी सत्तासी अठासी और नवासी का पुनरूद्वार होगा वहीं कैबिनेट ने आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई और उसके निष्पादन के लिए एक सौ बाईस स्थानों पर मल्टी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली स्थापित करने को मंजूरी दी मंत्रिमंडल ने आग लगने की घटनाओं के प्रभाव को कम करने और लोगों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मोटरसाइकिल दमकल सेवा शुरू करने का भी फैसला किया है राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सभी मीडिया संस्थानों में अंदरुनी शिकायत समिति गठित करने का निर्देश देने को कहा है आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि मीडिया संस्थानों को ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिये प्रभावी प्रणाली स्थापित करनी चाहिए राजधानी पटना सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है राज्यभर में अब तक लगभग पांच सौ मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है सबसे अधिक तीन सौ चौवालीस मरीज पटना में इलाजरत है सीवान में पैंतीस नालंदा में बाईस वैशाली गया और भागलपुर में सात सात औरंगाबाद में पांच तथा बक्सर में चार मरीजों का इलाज चल रहा है कई अन्य जिलों में भी डेंगू के मामले प्रकाश में आये हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि डेंगू सहित अन्य वायरल रोगों की निगरानी के लिए विशेष कोषांग का गठन किया गया है उन्होंने बताया कि सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में डेंगू की जांच की व्यवस्था उपलब्ध है श्री कुमार ने कहा कि सभी ब्लड बैंक और मेडिकल कॉलेजों में प्लेटलेट्स पर्याप्त मात्रा में हैं इधर पटना एम्स में सिंगल डोनर प्लेटलेट्स मशीन काम करने लगा है इस मशीन से डोनर के शरीर से सिर्फ प्लेटलेट्स निकाला जाता है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अगले साल होने वाली दसवीं और बारहवीं की परीक्षा के प्रश्न पत्रों के प्रारूप में बड़ा बदलाव किया है अब छात्रों को तैंतीस प्रतिशत सवालों के अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे नई व्यवस्था में प्रश्न पत्रों के सभी खंडों जैसे लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए छात्रों को दो प्रश्नों में से एक का जवाब देने की सुविधा होगी बोर्ड ने अपनी वेबसाईट पर प्रश्न पत्रों का नया प्रारूप जारी कर दिया है आईटीआई परीक्षा का जिन कोन्द्रों पर परीक्षार्थियों ने कल बहिष्कार किया था उन केन्द्रों पर अब दोबारा परीक्षा नहीं होगी श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने ये जानकारी दी उन्होंने छात्रों से शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा देने की अपील की है बिहार पुलिस और अग्निशमन सेवा के उन्नीस सौ पैंसठ सिपाही पदों के लिए लिखित परीक्षा पच्चीस नवम्बर और दो दिसम्बर को होगी गया जिले के परैया थाना के मिर्जाचक गांव स्थित एक बंद पड़े ईंट भट्ठे से पुलिस ने चार केन बम दो डेटोनेटर और वायर बरामद किये हैं पुलिस ने बताया कि ये बम काफी शक्तिशाली है बम निरोधक दस्ता आज बरामद बमों को निष्क्रिय करेगा मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाक़्र के कर्मचारी कृष्णा कुमार राम को सीबीआई ने तीन दिनों की रिमांड पर लिया है वहीं जांच एजेंसी ने ब्रजेश ठाकुर के रिश्तेदार रामानुज ठाकुर को भी हिरासत में लिया है आज शरद पूर्णिमा है नवविवाहितों की सुख समृद्धि के लिए मिथिलांचल में आज के दिन को कोजागरा के रूप में मनाया जाता है इस अवसर पर लोगों के बीच पान और मखाना बांटा जाता है लोग रात में पचीसी खेलते हुए जागरण करते हैं वहीं आज के दिन महालक्ष्मी की पूजा भी की जाती है बेगूसराय के सिमरिया धाम में गंगा तट पर राजकीय कल्पावास मेले का आज उद्घाटन होगा अनुमंडलाधिकारी संजीव चौधरी ने बताया कि मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं पश्चिम चम्पारण जिले के गंडक दियारा इलाके के आतंक के रूप में कुख्यात बैद्यनाथ यादव समेत चार डकैतों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है बेगूसराय के डंडारी थाना क्षेत्र स्थित पंचरुखी में पुलिस ने छापेमारी कर एक पिकअप वैन से पचानवे कार्टन शराब बरामद की है ईस्ट जोन विजय मर्चेंट ट्रॉफी के पहले मुकाबले में बिहार और असम के बीच गुवाहाटी में खेला गया मैच ड्रॉ रहा है कला संस्कृति और युवा विभाग तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में राज्य स्तरीय विद्यालय अंडर सेवेंटीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन आज से मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है और अब पटना से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है पटना से उन्माद फैलाने की साजिश दुबई में बैठे मास्टमाइंड ने पटना से सात हजार सिम एक्टीवेट कराये रांची में दस हजार सिम कार्ड और सिम बॉक्स मिले दैनिक जागरण की सुर्खी है साढ़े तीन लाख राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में दो फीसद बढ़ोतरी दैनिक भास्कर ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हये लिखा है इस दिवाली सिर्फ दो घंटे आतिशबाजी प्रभात खबर की सुर्खी है दिल्ली के बाहर भी अब जेएनयू बनायेगा कैंपस राष्ट्रीय सहारा लिखता है घूस मामले में सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को हाई कोर्ट से राहत आज की सुर्खी है विधानमंडल का शीत सत्र छब्बीस नवम्बर से

प्रदेश के विभिन्न भागों में डेंगू का प्रकोप बढ़ा